शीर्ष न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है न्यायालय ने कहा कि अंतरिम जमानत को आरोपी का अधिकार मानकर चिदंबरम को जमानत नहीं दी जा सकती न्यायमूर्ति आर बानूमति औश्र न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस स्थिति में जमानत देने से जांच में रूकावट आएगी शिक्षक दिवस आज पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय प्रस्कारों से सम्मानित किया जाता है

वहीं मध्यप्रदेश में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल में दो दिवसीय आयोजन की आज से शुरूआत हुई इस अवसर पर आयोजित शिक्षक संगोष्ठी में शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा में प्रदेश के सभी जिलों से दो दो शिक्षक शामिल हुए राज्यपाल लालजी टंडन कल इस ैसमारोह का समापन करेंगे

आज राज्य शिक्षा केन्द्र में इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान की शुरूआत हो रही है इस कार्यकम में शिक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तकों का वाचन किया जाएगा इंदौर धार विदिशा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी शिक्षक दिवस समारोह मनाये जाने के समाचार मिले हैं प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं आयोग दौरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो डॉ राम शंकर कथैरिया और आयोग के अन्य सदस्य आज अनुसूचित जाति वर्ग के लिये प्रदेश में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे भोपाल में आयोजित बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम सफाई कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व और आरक्षण की स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली जायेगी श्रमिक अस्पताल प्रदेश के पीथमपुर मंडीदीप और ग्वालियर के ईएसआई अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कल ग्वालियर में ईएसआई अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कहा कि इस अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था शीघ्र की जाएगी श्री सिसोदिया ने ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया श्रमोदय आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया अतिथि शिक्षक दिग्विजय प्रदेश में आज अतिथि शिक्षकों द्वारा कांग्रेस के वचन पत्र में किये गये नियमित करने के वादे को लेकर रैली निकाली जा रही है उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अतिथि शिक्षक आंदोलन करने को बाध्य होंगे उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अतिथि शिक्षकों को वचन पत्र में दिया गया वादा पूरा करेंगे एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान को कांग्रेस वचन पत्र में दिए गये वादों को हमें पूरा करना है कार्यशाला अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से जबलपुर में कल महिला ऊर्जा डेस्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रलिस अधीक्षक अभित सिंह ने कहा कि ऊर्जा हेल्प डेस्क मध्यप्रदेश पुलिस की एक महत्वाकांक्षी योजना है इसमें पुलिस पीड़ित महिलाओं की मदद के लिये हमेंशा तत्पर रहती हैं इस डेस्क का उद्देश्य पीड़ित महिलाओँ के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं का निदान करना है

मुरैना में रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं द्वारा ट्रेक्टर निकालने से मना करने पर लोगों पर पथराव किया